प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना के तहत देश में दस करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य गारंटी प्रदान की जाएगी जिससे पचास करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे

पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में नहीं चल रही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का सपना साकार हुआ है बाइट समाज की आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है गरीब से गरीब को इलाज मिले खास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले आज इस सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम इस बिरसामुंडा की धरती से उठाया जा रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इस योजना से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन आएगा बाइट इस स्कीम को हम डिजिटल इंडिया का एक सबसे बड़ा रूप देख सकते हैं जो डिजिटल इंडिया की दृष्टि से किया जायेगा यह स्कीम पेपरलैस होगी कैशलैस होगी पोर्टेबल होगी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है इसके तहत सेवाओं में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और उसके बाद की एक हजार तीन सौ पचास शल्य क्रियाएं चिकित्सा निदान और औषधियों की उपलब्धता शामिल है

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी कहा कि आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी आरोग्य योजना है इस योजना के लाग् होने से ग़रीब इलाज के अभाव में मौत का शिकार नहीं होंगे

इसके लिए सरकारी चिकित्सालयों के साथ साथ निजो अस्पतालों से भी अनुबंध किया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में पहल चरण में एक करोड़ अट्ठारह लाख परिवारों को इस योजना का फायदा दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज को मिनी एम्स के रूप में विकसित किया जायेगा इस मौक पर मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत के थीम सॉग का लोकार्पण भी किया कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में समग्र ढंग से लागू कराया जा रहा है गरीबों के लिए बनी इस याजना का उन्हें पूरा पूरा लाभ मिले इसके लिए प्रभावी व्यवस्था की गयी है

राजधानी लखनऊ स्थित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने योजना की शुरूआत की इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि सरकार देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने के मिशन पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी की संकल्पना पर आधारित इस महात्वाकांक्षी योजना से राज्य के करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिलेगा इस दौरान गृह मंत्री ने राज्यपाल रामनाईक के साथ पांच लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप योजना से सम्बन्धित गोल्डेन कार्ड भी प्रदान किये मेरठ में केन्द्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी नगर के लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज में आयोजित समारोह में शामिल हुए अपने संबोधन में श्री पुरी ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री के न्यू इण्डिया के सपने को पूरा करने में अहम भ्मिका निभायेगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अन्पिया पटेल ने वाराणसी में योजना का श्रभारम्भ किया इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना देश के आम लागों के लिए वरदान साबित होगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने चंदौली तथा प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में योजना का श्रभारम्भ किया

प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत ह

इस अवसर पर सुरक्षा के प्रभावी और व्यापक इन्तज़ाम किये गये हैं राजधानी लखनऊ में श्री गणेश प्रकाट्य कमेटी की तरफ से भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा झूलेलाल वाटिका से विश्वविद्यालय मार्ग तथा डालीगंज होते हुए झूलेलाल घाट तक निकाली गयी जहां वैदिक परम्परा के अनुसार गणेश प्रतिमा का भू विसर्जन किया गया कमेटी के संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि गोमती नदी को प्रदूषित होने से बचाने और पर्यावरण के मददेनजर प्रतिमा का भू विसर्जन किया गया इसके अलावा राजधानी के निकटवर्ती इलाकों में भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश की प्रजा अर्चना की गयी तथा विभिन्न नदियों और सरोवरों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया फजाबाद में गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकली तथा सरयू के गुप्तार घाट निर्मली कुण्ड पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया

यह द्र्घटना कल देर रात एत्मादपुर थानान्तर्गत आगरा कानपुर हाई वे पर उस समय हुई जब सड़क के बीचोबीच खड़े जानवर से एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस टकराने के बाद सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी सूत्रों के मुताबिक़ एम्बुलेंस ड्राइवर ने आगरा आते समय तीन लोगों को सवारी के रूप में बिठा लिया था हादसे मं मौत का शिकार हुए ड्राइवर के अलावा अन्य तोनों मृतक फर्रूखाबाद के रहने वाले थे